राज्यपाल सहित प्रदेश के नेताओं ने सुषमा स्वराज के निधन पर जताया शोक मुख्यमंत्री ने बताया अपूर्णीय क्षति ऊना के सलोह से राज्य स्तरीय हरित विद्यालय अभियान शुरू प्रदेश भर में रोपे जाएंगे डेढ़ लाख पौधे

निधन भारतीय जनता पार्टी की प्रख्यात नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज का आज नई दिल्ली में लोधी रोड़ रिथित शवदाह गृह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केंद्रीय मंत्रिमण्डल के सदस्यों और भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने सुषमा स्वराज के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है शोक इस बीच राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी सुषमा स्वराज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके निधन से भारत और भाजपा दोनों को अपूर्णीय क्षति हुई है

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि उनके निधन से भारतीय राजनीति के एक गौरवमयी अध्याय का अंत हुआ है भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सुषमा स्वराज के निधन से देश ने एक कुशल प्रशासक और राजनेता खोया है जिसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि विदेश मंत्री के रूप में दी गई उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को देश हमेशा याद रखेगा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

परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया है कांगड़ा जिले के टांडा अस्पताल में आज रोगी कल्याण समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थानों के सुदृढीकरण और अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरण व मशीनरी लगाने पर बल दिया जा रहा है परमार ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक प्रदेश के सात हजार छः सौ से अधिक लोगों को चार करोड़ रूपए से अधिक के लाभ दिए गए हैं

उन्होंने कहा कि योजना का उददेश्य महिला सशक्तिकरण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है बिकम सिंह उद्योग मंत्री बिकम सिंह ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार श्रमिकों के प्रति संवेदनशील है और उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं शिमला में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ द्वारा पेश की गई सभी मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी आशा कुमारी विधानसभा की लोकलेखा समिति ने अपने प्रवास के तहत आज ऊना में विभिन्न विभागों के साथ बैठक की उन्होंने अधिकारियों को नियमों के दायरे में कार्य करने के निर्देश दिए समिति की सभापति आशा कुमारी ने कहा कि अवैध खनन व नशा माफिया के चलते जिले का नाम खराब हो रहा है उन्होंने नशे के प्रति जनजागरूकता लाने की जरूरत पर भी बल दिया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समारोह की अध्यक्षता करेंगे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी समारोह में मौजूद रहेंगे विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सोलन सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र हमीरपुर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ऊना कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा केलंग जबकि स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार धर्मशाला में समारोह की अध्यक्षता करेंगे इसी तरह ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर बिलासपुर उद्योग मंत्री विकम सिंह कुल्लू वन मंत्री गोबिंद ठाकुर मण्डी और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल नाहन में जिला स्तरीय समारोह में मौजूद रहेंगे विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज चंबा में समारोह की अध्यक्षता करेंगे हरित विद्यालय ऊना जिले के सलोह से आज राज्य स्तरीय हरित विद्यालय अभियान शुरू हो गया है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पौधरोपण कर इसका शुभारंभ किया इस अभियान के तहत प्रदेश भर के स्कूल परिसरों में आने वाले दिनों में करीब डेढ़ लाख पौधे रोपे जाएंगे इनकी देख रेख का जिम्मा स्कूल का ही होगा ये राज्य स्तरीय अभियान पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज को समर्पित किया गया है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण के बारे में जागरूकता लाना और भू जल स्तर में सुधार के लिए प्रयास करना है ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थियों से सकारात्मक भूमिका निभाने का आहवान किया प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी इस दौरान मौजूद रहे हथकरघा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आज कई कार्यकम आयोजित किए गए कुल्लू में हुए समारोह में विधायक सुरेन्द्र शौरी ने कहा कि हथकरघा उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है और इसके उत्थान के लिए प्रधानमंत्री ने कई कांतिकारी कदम उठाए हैं इस बीच उपायुक्त ऋचा वर्मा ने शमशी में भुट्टिको वीवर्ज के संस्थापक स्वर्गीय ठाकुर वेदराम जयंती के उपलक्ष्य में हुए समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने भुट्टिको से अपने उत्पादों के आउटलेट विदेशों में भी स्थापित करने का सुझाव दिया सतर्कता राज्य ग्प्तचर विभाग ने साईबर काईम से निपटने के लिए लोगों से जागरूक रहने का आहवान किया है विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि स्मार्ट फोन का गलत इस्तेमाल साईबर काईम होने का बड़ा कारण है उन्होंने कहा कि लोग बिना सोचे समझे साईबर अपराधियों द्वारा भेजे जाने वाले लिंक को क्लिक करते हैं जिससे वे आसानी से उनके शिकार बन रहे हैं गोबिंद ठाकुर खेल व वन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कहा है कि दिव्यांग विद्यार्थियों की खेलों में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार खेल नीति में संशोधन करेगी शिमला जिले के बलदेयां में विशेष विद्यार्थियों के लिए हुए वन महोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को हर क्षेत्र में विकास के अवसर दिए जाने चाहिए